राज्य में दलित परिवारों को पचास रूपये में मिलेगा एलईडी बल्ब

पेट्रोलियम मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने कहा है कि दो हजार बीस तक देश के एक करोड़ घरों में पीएनजी गैस कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया है उन्होंने कहा कि इस योजना में बिहार के गया औरंगाबाद कैमूर रोहतास बेगूसराय और नालंदा जिलों को शामिल किया गया है श्री प्रधान ने कहा कि सीएनजी सस्ता और टिकाऊ विकल्प है केन्द्र सरकार ग्राम स्वराज अभियान के अन्तर्गत राज्य के दलित बहल गांव में पचास रूपये में एलईडी बल्ब की बिक्री करेंगी इनर्जी इफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड के राज्य प्रमुख राकेश कुमार ने बताया कि प्रदेश के एक सौ उनहत्तर गांवों का चयन इस योजना के लिए किया गया है उन्होंने कहा कि सामान्य लोगों को यह बल्ब सत्तर रूपये में मिलता है जबकि दलितों को पचास रूपये में दिया जा रहा है इसमें से बीस रूपये केन्द्र सरकार अनुदान के रूप में दे रही है पथ निर्माण मंत्री नंद किशोर यादव ने कहा है कि हाईवे के पास स्थित स्कूलों के सामने सड़क द्र्घटनाओं में कमी लाने के लिए पथ निर्माण विभाग गति सीमा कम करने का प्रयास कर रहा है उन्होंने पटना में एक कार्यक्रम में कहा कि इस वित्त वर्ष के अंत तक चिह्नित सभी स्कूलों में जागरूकता चलाने का काम पूरा कर लिया जाएगा राज्य के चौवालीस प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सामूदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में बदले जायेंगे राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा कि राज्य में वर्तमान में दो सौ चार सामुदायिक स्वास्थ्य कोन्द्र कार्यरत हैं उन्होंने कहा कि मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुये कुछ और केन्द्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में बदलने का निर्णय लिया है श्री पांडेय ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग ने इसका प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास भेज दिया है वहीं इन केन्द्रों पर सात विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनाती की जायेगी परिवहन विभाग राज्य के प्रत्येक जिले में पब्लिक प्राईवेट पार्टनशिप में वाहन चालन का प्रशिक्षण देने के लिए स्कूल खोलेगा विभाग के अनुसार सरकार प्रशिक्षण संस्थान खोलने वाले व्यक्ति को अनुदान भी देगी प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत गरीबों के लिए मकान अब बिहार राज्य आवास बोर्ड की जमीन पर बनाया जायेगा प्रदेश के नगर विकास और आवास मंत्री सुरेश शर्मा ने बताया कि पटना मुजफ्फरपुर दरभंगा भागलपुर सासाराम और आरा समेत अन्य शहरों में भी जल्द ही इस पर काम शुरू कर दिया जायेगा उन्होंने कहा कि आवास पीपीपी और इंजीनियरिंग प्रो क्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन मॉडल पर बनेंगे राज्य के सरकारी अस्पतालों में शवों को सुरक्षित रखने के लिए मॉड्यूलर मोर्चरी बनायी जायेगी इस मोर्चरी का तापमान पन्द्रह से पच्चीस डिग्री सेल्सियस होता है जिससे शवों को पन्द्रह दिनों तक सुरक्षित रखा जा सकेगा पहले चरण में नौ मेडिकल कॉलेजों अस्पताल में इसकी व्यवस्था की जा रही है ट्रेनों में यात्रियों को खाने पीने का सामान लेने पर उसका बिल मिलेगा आईआरसीटीसी ने इसके लिए सभी रेलवे जोन को निर्देश दिया है इसके साथ ही ट्रेनों में स्वैप मशीन लगायी जायेगी जिससे यात्री कार्ड से भी भुगतान कर सके पुलिस महानिदेशक केएस द्विवेदी आज सेन्ट्रल रेंज के जिलों की समीक्षा करेंगे जानकारी के अनुसार पटना और नालंदा जिलों की अनुमंडलवार समीक्षा के दौरान इन जिलों में बढ़ रही अपराध की घटनाओं पर अधिकारियों से जवाब तलब किया जा सकता है समीक्षा बैठक को लेकर पुलिस विभाग ने पूरी तैयारी की है बेगूसराय जिले में पूलिस ने बछवाड़ा के चमथा गंगा घाट से अवैध बालू की दुलाई मामले में बालू समेत चार ट्रैक्टर को जब्त किया है इस संबंध में वाहन मालिक और चालक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गयी है मुजफ्फरपुर जिलें में बाईस ईंट भट्टों को बंद करने का निर्देश जिला प्रशासन ने दिया है जिलाधिकारी ने ईंट भट्ठा मालिक पर प्राथमिकी दर्ज करने का भी आदेश दिया है पूर्व मध्य रेलवे ने रेलगाड़ियों और स्टेशन परिसर में गंदगी फैलाने वाले चार सौ पच्चासी यात्रियों से जुमाने के रूप में सतहत्तर हजार रूपये वसूले हैं सीतामढी जिले की पूलिस ने मेजरगंज और बैरगनिया थाना क्षेत्र से लगभग तीन सौ अस्सी बोतल शराब के साथ दो तस्कर को गिरफ्तार किया है वहीं सारण जिले के रिविलगंज थाना क्षेत्र में पुलिस ने पैंतीस देशी शराब फैक्ट्री को नष्ट कर भारी मात्रा में निर्मित और अर्द्धनिर्मित शराब जब्त किया है प्रर्णिया जिले के रूपौली क्र्सेला मूख्य मार्ग पर ऑटो और बाईक की सीधी टक्कर में दो लोगों की मौत हो गयी जबकि दो अन्य घायल हो गये घायलों को इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है बेगूसराय जिले के मंसूरचक प्रखंड के समसा गांव में आयोजित शिविर में चार सौ पचास महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन और चूल्हा वितरित किया गया प्रदेश समेत झारखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में तेज हवा तथा धूल भरी आंधी चलने की सम्भावना है मौसम विभाग के अनुसार अगले चार दिनों तक इन क्षेत्रों में चक्रवार्ती तूफान के कारण मौसम खराब रहेगा जबकि इन क्षेत्रों में भीषण गर्मी पड़ने की भी सम्भावना है अधिकतम तापमान चौवालीस डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है आज प्रदेश के विभिन्न जगहों पर तेज हवा चलने और गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है पचासीवीं बिहार एथलेटिक्स चैंपियनशिप चौदह से सोलह मई के बीच राजधानी पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कम्पलेक्स में होगी बिहार एथलेटिक्स एसोसिएशन के सचिव ने बताया कि सभी आयु वर्ग की प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है उन्होंने कहा कि इसी प्रतियोगिता में प्रदर्शन के आधार पर असम में छब्बीस से अठाईस जून तक होने वाली अठावनवीं नेशनल इंटर स्टेट सीनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता के लिए बिहार टीम का चयन किया जायेगा प्रवर्तन निदेशालय ने औरंगाबाद जिले के फरार नक्सली विनय यादव और उसके परिजनों की तीन करोड़ रूपये मूल्य की सम्पत्ति को जब्त कर लिया है ईडी के एसपी सत्य प्रकाश ने बताया कि विनय के अलावा उसकी पत्नी देवी पुत्री पूजा कुमारी दामाद प्रेम कुमार और ससुर सरयू यादव की सम्पत्ति को जब्त किया गया है उन्होंने कहा कि ईडी ने इस संबंध में पहले ही समन जारी किया था पटना जिले के तीन प्रखंड विकास पदाधिकारियों को बिना सूचना दिये अनुपस्थित रहने के कारण निलंबित किया जायेगा पटना के जिलाधिकारी कुमार रवि ने बताया कि तीनों पदाधिकारी लम्बी अवधि से ड्यूटी से गायब है जिसके कारण यह निर्णय लिया गया है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने एससी एसटी को यूपीएससी और बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा पास करने पर आर्थिक मदद देने की खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से छापा है हिन्दुस्तान की सुर्खी है एससी व एसटी अभ्यर्थियों को मिलेगी प्रोत्साहन राशि जबकि छोटे शीर्षक में लिखा है बीपीएसी पीटी पास करने पर पचास हजार जबकि यूपीएससी पीटी में सफलता पर दिये जायेंगे एक लाख रूपये दैनिक जागरण ने मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग नोटिस की खबर पर लिखता है सिब्बल के अड़ने पर कोर्ट ने कहा मामला कुछ और ही लगता है प्रभात खबर ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के बयान को अपनी सुर्खी बनाते हुये लिखा है कांग्रेस दो हजार उन्नीस में बड़ी पार्टी तो मैं प्रधानमंत्री बनने को तैयार दैनिक भास्कर ने सुप्रीम कोर्ट के यूपी में पूर्व मुख्यमंत्रियों के आवास को खाली करने की खबर को बड़ी खबर बनाते हुये शीर्षक दिया है सतीश प्रसाद सिर्फ पांच दिन के लिए सीएम बने तैंतीस साल से न सांसद हैं न विधायक फिर भी मिला हुआ है आवास डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र भी अठारह साल से किसी पद पर नहीं

राज्य में दलित परिवारों को पचास रूपये में मिलेगा एलईडी बल्ब